इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें